उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते है वे कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरु किए गए बैक टू विलेज यानि वापस गांव की ओर कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये सबित करती है कि विकास की शक्ति बम और बंदूक की ताकत से कहीं अधिक होती है प्रधानमंत्री मोदि ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अत्यंत फलदायी बताया उन्होंने आशा व्यक्त की कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी राहत और मदद के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आह्वान किया था उसका भारी स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों ने पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी कुछ अभिनव प्रयोगो को लोगों के सामने पेश किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले शुरु किया गया स्वच्छता अभियान अब तेजी पकड़ चुका है ये कार्यक्रम अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ रहा है आज विश्व हेपेटाइटिस रोकथाम दिवस है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर हर वर्ष अटठाईस जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान पर बल दिया है उन्होंने कहा कि देश को पोलियों की तरह ही इस रोग से मुक्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करनी होगी कृषि बागवानी पशुपालन और पशु चिकित्सा डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री ताके ताकी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया है उन्होंने सुझाव दिया कि पशु के चारे की लागत कम करने के लिए इसे राज्य में ही तैयार किया जाएगा नई दिल्ली में पशु चिकित्सा पेशे के लिए अभरती चुनौतियों विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री ताकी ने पशु चिकित्सा पेशेवरों का ध्यान पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी आकर्षित किया जिसका मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की दसवीं बटालियन ने बीस से सत्ताईस जुलाई तक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम मनाया गया सप्ताहभर के आयोजन के दौरान कारगिल युद्ध से संबधित पोस्टिर बैनर और फोटों गैलरी प्रदर्शित किए गए थे साथ ही वाद विवाद पेंटिंग ड्राइंग और देशभक्ति गीत प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया इसके अलावा इस आयोजन में कारगिल पर फिल्म की स्क्रीनिंग और पूर्व सैनिकों की हौसला अफजाई की गई कार्यक्रम मे विभिन्न सुरक्षा बलों के शहीदों के निकट संबंधी भी शामिल थे अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जेली सोनाम ने कहा है कि बोर्ड मजदूरों के लिए गैर संवैधानिक लाभों को बंद करने पर विचार कर रही है

विभिन्न ट्रेड यूनियन की समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा सभी गांवों में विद्युतिकरण के बाद सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे रेडियों सेट और सोलर लैंप को बंद कर दिया जाना चाहिए उन्होंने मजदूरो के लिए हाऊसिंग लोन डेथ बेनिफिट बच्चों के लिए शिक्षा के लाभ और मातृत्व अवकाश आदि लाभों को बढ़ाये जाने चाहिए महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंति के उपलक्ष्य में कल डिस्ट्रिक जेल जुली से तीन कैदियों और तेजू जेल से एक कैदी को रीहा किया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने इन चारों कैदियों को विशेष छूट प्रदान करते हुए रीहा करने का निर्देश दिया देरा नातुंग सब जूनियर बॉईस स्टेट लेबल फुटबॉल प्रतियोगिता कल से सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू में शुरु हुआ इस प्रतियोगिता में आठ टीमें हिस्सा ले रही है प्रतियोगिता के पहले दिन पोलो सीटी फुटबॉल क्लाब ने पाचिन यूनाईटेड फ़ुटबॉल क्लब को दो शून्य से पराजीत किया दूसरे मैच में अरुणाचल एस सी ने अपर सुबनसिरी फुटबॉल क्लाब को छह शून्य से और अंतिम मैच में सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी ने एम एल एस जूनियर एफ सी को पांच शून्य से पराजीत किया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 आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया